विधानसभा हंगामा सुबह बजट सत्र की आखिरी बैठक की शुरूआत हंगामे नारेबाजी और वाकआउट के साथ हुई जब कांग्रेस के जगत सिंह नेगी ने पिछले दिनों उठाए दो मुददों पर अध्यक्ष की व्यवस्था जाननी चाहिए जिस पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि परिसर में कोई व्यक्ति झंडे इत्यादि न लाए इस पर सुरक्षा कर्मियों व विधानसभा स्टाफ को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं उन्होंने कहा कि बजट के दिन सदन की कार्रवाई को सीधे दिखाने की अनुमति पिछली बार की तरह ही इस दफा भी दी गई हालांकि कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अनुमतियां एक तरफा दी जा रही हैं साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में सत्ता पक्ष के ही फोटो जारी करने का मुददा उठाया और कहा कि विपक्ष को नजरअंदाज किया जा रहा है ये कहते हुए कांग्रेसी सदस्य सदन से चले गए बाद में प्रश्नकाल से कुछ पहले वे फिर लौट आए

विपक्ष द्वारा उठाए मुददों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा कि विधेयक पर सबके सुझाव जरूरी हैं मगर किसी चीज का बिना तर्क विरोध करना सही नहीं है उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में ऐसा प्रावधान है जिसे देखते हुए ही प्रदेश सरकार भी ये विधेयक लाई है जो सबके लिए फायदेमंद रहेगा संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने विपक्षी सदस्यों से इस विधेयक को लेकर देश के एक्ट को पढ़ने की सलाह दी जिस पर मुकेश अग्निहोत्री व सुरेश भारद्वाज के बीच क्छ देर नोंकझोंक भी हई कलस्टर विश्वविद्यालय मण्डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय स्थापना संबंधी विधेयक सदन में पारित कर दिया गया शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस संबंध में विपक्ष की आपतियों का उत्तर देते हुए कहा कि युपीए सरकार के समय ही इसे खोलने का निर्णय मण्डी में लिया गया था उन्होंने कहा कि उना में ऐसा ही विश्वविद्यालय खोलने को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बातचीत की जाएगी इससे पहले कांग्रेस के जगत सिंह नेगी ने कहा कि विधेयक का मसौदा ठीक नहीं है और इसे लाने में जल्द बाजी न की जाए भाजपा के राकेश पठानिया ने इसे बढिया तरीके से लाग करने का सुझाव देते हए सरकार को बधाई दी कांग्रेस के मुकेश अग्निहोत्री ने उना में विश्वविद्यालय खोलने को लेकर सरकार का पक्ष जानना चाहा सदन में पुलिस संशोधन विधेयक को भी पारित कर दिया गया प्रश्नकाल मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने महिलाओं के प्रति बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए इनकी सुरक्षा की प्रतिबद्धता जताई है प्रश्नकाल में सीपीएम के राकेश सिंघा के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने तीन महीने में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं जय राम ठाकर ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चलाई गई ग्रुड़िया हैल्पलाईन एक प्रयास है और इसमें तकनीकी तौर पर सुधार किया जाएगा भाजपा के ॅअर्जुन सिंह के सवाल पर वनमंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा कि नगरोटा सुरियां बस अड़डे की भूमि बस अड़डा प्राधिकरण के नाम नहीं है और यहां भूमि स्थानांतरित होने पर बस अडडे का निर्माण किया जाएगा

भाजपा के नरेन्द्र बरागटा के गुम्मा कोटखाई में फल विधायन केन्द्र के निर्माण संबंधी सवाल पर बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ने कहा कि ये प्लांट बेहद महत्वपूर्ण है और धनराशि का प्रावधान होने पर इसे पूरा किया जाएगा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर चल रही है और गरीब लोगों के लिये काम करना उसका मिशन है कल नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि सम रसता और एकता डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्शो का सार हैं उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करना चाहती हैं लेकिन सरकार डॉक्टर अम्बेडकर की परिकल्पना के अनुरूप आगे बढ़ रही है